प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे हैश टैग इंडिया स्पोटस सीएए का इस्तेमाल करते हये नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन दर्शायें आज एक टिवीट में उन्होंने कहा कि यह कानुन पड़ोसी देशों में प्रताडिज़ शरणाथियों को नागरिकता देने के बारे में न किसी की नागरिकता समाप्त् करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य टिवीट में सदग्रू की एक वीडियों लिंक सांझा किया है जिसमें एक कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा कि यह वीडियों ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचारे की शानदान संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को ग्मराह न होने की बात भी कही गई है

नई दरें नये साल में पहली जनवरी से लागू हो जायेगी इस कटौती का लाभ मौजूदा ग़ह ऋण लेने वालों व लघ् सूक्ष्म तथा मझोले उद्यमियों को मिलेगा हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की जेलों में खाली पड़ी ज़मीन पर जैविक खेती की संभावनायें तलाशी जा रही है वे आज सिरसा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी ज़मीनों का ब्यौरा तैयार करे ताकि कैदियों को जैविक खेती के काम में लगाया जा सकेगा उन्होंने कहा कि जेलों में जैविक सब्जियों उगाई जायेंगी और कैदियों के इस्तेमाल के बाद बची सब्जियों को बाज़ार में आग लोगों के लिए बेचा जाचेगा उन्होंने बताया कि करूक्षेत्र के ग्रूकुल के जैविक फार्म का भ्रमण करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है और कहा कि जेलों में खेती के साथ साथ नई पौध भी तैयार की जायेगी जिसपर विभाग का कोई पैसा नहीं खर्च होगा पौध की जेल से बाहर भी आपूर्ति की जायेगी इससे जेल में बद कैदियों में जैविक खेती के प्रति रूचि बढ़ेगी करनाल में एक करोड़ बारह लाख रूपये की लागत से बनाये गये सभी आध्निकि सुविधाओं से युक्त दो मंजिलें रैन बसेरे में बेघर लोगों के लिए संजीविनी का काम किया है

म्ख्यमंत्री ने नगर निगम को हिदायत दी कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कड़ाके की ठंड के बीच किसी व्यक्ति को बाहर रात न ग्जारनी पड़े उन्होंने आवश्यक्तानुसार ऐसे ओर रैण बसेरे बनाने के निर्देश भी दिये हरियाणा में म्ख्यमंत्री के उड़न दस्तों ने आज प्रदेश के सभी जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में छापेमारी की विभिन्न जिलों में जिली जानकारी के अनुसार उड़ान दस्ते की टीमों को कार्यलय में कर्मचारी नदारत मिले पंचका में उड़न दस्ते की इंचार्ज डीएसपी सीआईडी पूर्णिमा सिंह ने बताया कि सभी जिलों में सीआईडी के अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक अनिल राव की अध्यक्षता में कार्रवाई की गई है पंचकूला के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जांच के दौरान काफी खामियां मिली है छापेमारी दौरान जो कर्मचारी गैर हाजिर पाये गये उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी

उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय परिहवन कार्यालयों में कर्मचारियों व अधिकारियों के समय पर न पहुंचने के कारण नागरिक परेशान थे और इसकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी स्शासन दिवस पर म्ख्यमंत्री ने सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने कार्यालय समय पर पहुंचने की नसीहत भी दी थी मिली जानकारी के अन्सार छापेमारी करने वाली टीमों ने कार्यालयों का रिकार्ड भी खंगाला है छापे के प्रभारी अनिल रावपूरे प्रदेश में हुई छापेमारी की कार्रवाई पर म्ख्यमंत्री को रिपोर्ट सौपेंगे जिसके आधार पर कार्रवाई की जायेगी हरियाणा सरकार ने बागवानी आधारित उदयोगों तथा कोल्ड आपूर्ति श्रंखला को बढ़ावा देने के लिए औदयोगिक इकाईयों को बिजली दरों में सब्सिडी देने का बड़ा निर्णय लिया है इस फैसले से लाभान्वित होने वाले किसान लघ् कृष्क व्यापार संघ हरियाणा से सूचिबद्ध कृष्क उत्पादक संघ कॉपरेटिव समितियां व अन्य बागवानी संबंधित लघू मध्यम एवं सूक्ष्म इकाईयां को लगभग आधी दर पर बिजली उपलब्ध होगी

बिजली दरों के इस अंतर को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली यानि के माध्यम से बागवानी विभाग दवारा इन इकाईयों को अन्दान के तौर पर यह राशि दी जाएगी